जेपीनड्डा को भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में च्ना गया पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा मिट्टी की उर्वरकता बनाये रखकर उसकी पूरी क्षमता का किया जा सकता है उपयोग प्रदेश में भीषण गर्मी का सिलसिला जारी मौसम विमाग ने कई स्थानों पर धूल भरी आंधी और हल्की बारिश की जताई संभावना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आशा व्यक्त की है कि संसद के इस सत्र के दौरान सभी राजनीतिक दल चर्चा में भाग लेंगे सत्रहवीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू होने से पहले संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में सक्रिय विपक्ष और उसकी भूमिका महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष को अपनी संख्या के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है उन्होंने आशा व्यक्त की कि विपक्ष सदन में अपनी राय रखेगा और कार्रवाई में सक्रिय रूप से भाग लेगा जब हम उस चेयर पर बैठते है एमपी के रूप में बैठते है तब पक्ष विपक्ष से ज्यादा निष्पक्ष का स्प्रीट बहुत महत्व रखता है और मुझे विस्वास है कि पक्ष और विपक्ष के दायरे में बटने की बजाय निष्पक्षभाव से जनकल्याण को प्राथमिकता देते हुए हम आने वाले पांच साल के लिए इन सदन की गरिमा को ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे नरेन्द्र मोदी ने सांसदों का स्वागत करते हुए कहा कि सदस्यों को मुद्दों पर निष्पक्ष तरीके से सोचना चाहिए और देश के व्यापक हित में काम करना चाहिए प्रधानमंत्री ने नई लोकसभा में महिला सदस्यों की अधिक संख्या पर प्रसन्नता व्यक्त की प्रधानमंत्री और लोकसभा में सदन के नेता नरेन्द्र मोदी रक्षामंत्री राजनाथ सिंह गृहमंत्री अमित शाह कई अन्य मंत्री और सदस्यों ने नवगठित सत्रहवी लोकसभा की कल पहले दिन की बैठक में शपथ ली नरेन्द्र मोदी ने सबसे पहले शपथ ली शपथ लेने के बाद उन्होंने सदस्यता रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए और सदस्यों का अभिवादन किया शपथ लेने वाले मंत्रियों में नितिन गडकरी डी वी सदानंद गौड़ा रविशंकर प्रसाद स्मृति ईरानी हरसिमरत कौर बादल संतोष गंगवार रमेश पोखरियाल निशंक और हर्षकर्धन शामिल हैं अस्थायी अध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार ने सदस्यों को शपथ दिलाई तीन पीठासीन अधिकारी कोडिक्न्नील सुरेश ब्रजभूषण शरण सिंह और भर्तहरि महताब ने शपथ ली प्रधानमंत्री के बाद कांग्रेस के कोडिकुन्नील सुरेश शपथ लेने वाले दूसरे सदस्य थे सत्रहवीं लोकसभा की पहली बैठक की गरिमा को देखते हुए सदन ने कुछ क्षण के लिए मौन रखा केरल में वायनाड लोकसभा सीट से विजयी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी कल ही शपथ ली शपथ लेने वाले अन्य सदस्यों में कौशलेन्द्र क्मार चिराग पासवान सुशील क्मार सिंह गौतम गम्भीर मीनाक्षी लेखी गीताबेन राठवा मनसुख भाई वासवा प्रज्ञा सिंह ठाक्र पूनम महाजन सुप्रिया सुले और राजश्री मलिक शामिल हैं शपथ की भाषा में विविधता देखी गई कृष्ठ सदस्यों ने अपनी मात्रभाषा में शपथ ली और कृष्ठ ने संस्कृत में भी शपथ ली बाद में सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई शपथ ग्रहण आज फिर शुरू होगा राज्यसभा की बैठक बृहस्पतिवार से होगी सत्र छब्बीस जुलाई तक चलेगा सत्र के दौरान लोकसभा की तीस और राज्यसभा की सत्ताईस बैठकें होंगी

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दोनों सदनों को बृहस्पतिवार को संबोधित करेंगे केन्द्रीय बजट अगले महीने की पांच तारीख को प्रस्तुत किया जाएगा

कल शाम नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर हुई भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया जेपी नड्डा भाजपा सदस्यता अभियान और संगठन के चुनावों के संपन्न होने तक कार्यकारी अध्यक्ष बने रहेंगे वरिष्ठ पार्टी नेता राजनाथ सिंह ने बैठक के बाद पत्रकारों को बताया कि पार्टी ने अमित शाह के नेतृत्व में कई चुनाव जीते अमित शाह के गृहमंत्री बनने के बाद उन्होंने स्वयं ही पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी किसी और को सौंपने की बात कही थी जिसका स्वागत संसदीय बोर्ड के सभी सदस्यों ने किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई वरिष्ठ नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया उच्चतम न्यायालय देशमर में सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा से संबंधित याचिका पर आज सुनवाई करेगा न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अवकाश पीठ ने कल इस पर सहमति व्यक्त की

इस अवसर पर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि लोगों को यह याद दिलाने का महत्वपूर्ण मौका है कि इन समस्याओं से प्रभावी ढंग से निपटा जा सकता है पिछले पांच वर्ष में वन क्षेत्र के आच्छादन के बढ़ने के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी वृक्ष आच्छादन बढ़ा है और ये दोनों ही काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी प्रयास से आप मरूस्थलीकरण से निपट सकते है प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि विश्व समुदाय की मजबूत भागीदारी से इनका समाधान संभव है उन्होंने कहा कि मिट्टी की उर्वरकता बनाये रखकर भूमि की पूरी क्षमता का उपयोग किया जा सकता है स्वस्थ और उर्वरक भूमि से न केवल पर्यावरण की समस्याओं से निपटा जा सकेगा बल्कि महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ भी प्राप्त होंगे प्रदेश सरकार ने दुपहिया वाहनों के लिए हेमलेट और चार पहिया वाहनों के लिए सीट बेल्ट अनिवार्य कर दिया है प्रदेश में सत्रह जून से बाईस जून तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है हेलमेट सिर पर होने से सत्तर प्रतिशत तक गम्मीर चोट लगने की सम्भावना कम हो जाती है पुलिस प्रशासन द्वारा जगह जगह हेलमेट की चेकिंग की जा रही है कई जगहों पर पेट्रोल पम्पों द्वारा बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हेलमेट की बिक्री में काफी बढ़ोत्तरी हुई है एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता से हेलमेट की विक्री बढ़ने से व्यापारियों के चेहरे खिल गए हैं महानगर लालबाग चारबाग और नाका सहित अन्य जगहों पर हेलमेट खरीदारों की भारी भीड़ देखी जा रही है

तकनीकी विरोषज्ञ अच्छी क्वालिटी के हेलमेट उपयोग की सलाह देते हैं उनका कहना है कि सस्ते और नोन आईएसआ मार्क हेलमेट उद्देश्य को पूरा नहीं करते और दृर्घटना के समय प्राण लेवा साबित होते हैं

आकाशवाणी समाचार के लिए लखनऊ से मैं मुल्तान सिंह यादव राज्यपाल राम नाईक ने राज्य सरकार के तीन मंत्रियों एसपी बघेल प्रो रीता बहुगुणा जोशी और सत्यदेव पचौरी के त्यागपत्रों को स्वीकार कर लिया है श्री बघेल पशुधन लघू सिंचाई एवं मत्स्य विमाग के मंत्री थे प्रो रीता बहुगुणा महिला एवं बाल कल्याण तथा मातृ एवं शिष्ठ कल्याण और पर्यटन मंत्री थीं जबकि श्री पचौरी के पास खादी एवं ग्रमोद्योग रेशम उद्योग वस्त्र उद्योग सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभागों का प्रमार था यह तीनों मंत्री हाल के लोकसभा चुनावों में सांसद चुने गये हैं राजशवन द्वारा जारी एक बयान के अनुसार राज्यपाल ने महिला कल्याण एवं पर्यटन विभाग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके वर्तमान कार्यमार के साथ आवंटित किया है राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के प्रस्ताव पर लक्ष्मी नारायण चौधरी को पशुधन एवं मत्स्य विभाग धर्मपाल सिंह को लपु सिंचाई विभाग सिद्वार्थ नाथ सिंह को परिवार कल्याण मातृ एवं शियु कल्याण विभाग और सतीश महाना को खादी एवं ग्रामोदोग रेशम उद्योग वस्त्र उद्योग सूक्म लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग का अतिरिक्त कार्यप्रभार उनके वर्तमान कार्य प्रभार के साथ आवंटित किया है प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है जिससे आम जन जीवन प्रभावित हो रहा है मौसम विभाग ने मेरठ मुरादाबाद बागपत शामली मुजफ्फरनगर हापुड़ अमरोहा सम्भल बदायूं गाजियाबाद गौतम बुद्व नगर बुलन्दशहर अलीगढ़ मैनपुरी फर्रूखाबाद कन्नौज हरदोई सीतापुर औरेया इटावा जालौन कानपुर सहित कई परिचमी जिलों में धूल भरी आंधी और गरज चमक के साथ वर्षा की सम्मावना व्यक्त की है इस बीच चक्रवात वायु के कमजोर पड़ने के बाद अगले चौबीस घंटे के दौरान मानसून के आगे बढ़ने की उम्मीद है मानसून केरल में निर्घारित समय से लगभग एक सप्ताह बाद आठ जून को पहुंचा था भारतीय मौसम विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक के सती देवी ने बताया कि चक्रवात वायु के अगले चौबीस घंटे के दौरान कमजोर पड़ने की संभावना है इससे मानसून की हवाओं के अरब सागर की ओर आगे बढ़ने का रास्ता साफ होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ जनपद के बाल सुधार गृह से चार बच्चों के फरार होने की घटना को गंभीरता से लिया है राज्य सरकार के प्रवक्ता ने कल लखनऊ में बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर घटना की प्रारम्भिक जांच में बाल सुधार गृह के केयर टेकर और एक कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है प्रवक्ता के अनुसार मेरठ के जिला प्रोबेशन अधिकारी और उप निदेशक प्रोबेशन से इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा गया है इसके साथ ही विभागीय सचिव को समी बाल सुधार गृहों का निरीक्षण कर इनकी व्यवस्था सुचारू बनाये रखने तथा सुरक्षा सुनिरिचत करने का निर्देश दिया गया है